एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल

निजी केन्द्रों पर भी लगेंगे टीके

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पुलिस की गोली से एक शराब तस्कर की भी मौत हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि नेपाल से शराब लाये जाने की सूचना पर दारोगा दिनेश राम ने तस्करों की घेराबंदी की जिसके बाद पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने गोलीबारी शुरू कर दी तस्करों की गोली लगने से दारोगा दिनेश राम की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि गोली लगने से चौकीदार लाल बाबू पासवान गंभीर रूप से घायल हो गये उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है शहीद दारोगा मेजरगंज थाना में पदस्थापित थे और मूल रूप से मोतिहारी के रहने वाले थे इधर पूरे इलाके में नाकेबंदी कर शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान जारी है दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के पोखरिया में शराब तस्करों के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गये देश भर में साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को एक मार्च से कोविड का टीका लगना शुरू हो जायेगा पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं उन्हें भी कोविड टीका पहली मार्च से ही लगेगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस चरण में सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण होगा

इनमें तीन लाख निन्यानवे हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और एक लाख तैंतीस हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं वहीं उनसठ हजार चार सौ दो स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की द्रसरी डोज दी जा चुकी है इधर स्वास्थ्य विभाग ने अगले तीन से चार दिनों के भीतर होमगार्ड के सभी जवानों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है प्रदेश में अब कोरोना के जो भी पॉजिटिव मामले सामने आयेंगे उन सभी की आरटीपीसीआर जांच होगी और कुछ नमूनों की जीन सिक्वेंसिंग करायी जायेगी जिससे वायरस के स्वरूप में आ रहे बदलावों की जानकारी मिल सके स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गयी है

वृद्धावस्था पेंशन को लेकर प्रछे गये एक सवाल के जवाब के बाद विपक्षी सदस्यों ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के बीचोंबीच आ गये विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण मंत्री ने उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है बाद में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंत्री मदन सहनी की विवादित टिप्पणी के लिये सरकार की ओर से खेद जताया विपक्ष ने आरोप लगाया कि हजारों लाभार्थियों को व्रद्धा पेंशन से वंचित होना पड़ा है क्योंकि उनके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है

कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के संजय मयूख ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया उन्होंने कहा कि तिरूअनंतपुरम की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है भाजपा सदस्य की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन में हंगामा करने लगे कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने रिथति शांत नहीं होते देख सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिये स्थगित कर दी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विधानसभा में कहा कि भागलपुर में राज्य का चौथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा इसके लिये काम चल रहा है उन्होंने सदन को बताया कि गया मोतिहारी और पूसा के बाद यह राज्य का चौथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने आज दोनों सदनों में चालू वित्त वर्ष से संबंधित उन्नीस हजार तीन सौ सत्तर करोड रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया इसमें एक हजार साठ करोड़ रुपये से अधिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्यांश मद में एक हजार चार करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आठ सौ तैंतालीस करोड़ रुपये बिजली कंपनियों में निवेश हेतु खर्च किये जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से करोडों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्ररेणा मिली है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार में अब तक अस्सी लाख नब्बे हजार से अधिक किसानों को सात हजार पांच सौ तीन करोड़ रूपये से अधिक की सहायता मिली है श्री मोदी ने कहा कि केवल दो वर्षो में इस योजना ने सफलता के कई नये कीर्तिमान गढ़े हैं

मेला सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक चलेगा अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उददेश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है बिहार के कई खिलौना निर्माता और शिल्पकार इस मेले में भाग लेंगे इस दौरान राज्य के कलाकार सिक्की कला मंजूषा कला और अन्य स्थानीय कला से निर्मित खिलौनों का प्रदर्शन करेंगे निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज वैशाली जिले के हाजीपुर में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक कुमार मनीष को पचास हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी शिकायतकर्ता से एक जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में रिश्वत ले रहा था भोजपुर के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने के आरोप में जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित पंद्रह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है श्री राय ने बताया कि संदेश थाना के होमगार्ड जवान सह चालक धनंजय यादव और चांदी थाना में चालक के रूप में काम कर रहे शिव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है उन्होंने बताया कि इस मामले में संदेश और चांदी के थाना प्रभारियों से भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निलंबित सभी पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है कटिहार जिले में कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी उपस्थित थे जिलाध्यक्ष प्रेम राय द्वारा विधायक मनोहर प्रसाद सिंह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर उनके समर्थकों ने हंगामा किया बाद में वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि धूप निकलने और पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से औसत तापमान सामान्य से अधिक हो गया है

जाने माने समाजसेवी और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय का आज पटना में निधन हो गया वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे रविनंदन सहाय के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहंगी मोड़ के पास एक ऑटोरिक्शा के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत हो गयी वहीं नौ अन्य परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गये बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या चार में पंचायती के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी

एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल

निजी केन्द्रों पर भी लगेंगे टीके